प्रधानमंत्री ने हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल और गाजियाबाद तथा लखनऊ में मेट्रो परियोजना का किया शुभारंभ

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल नियुक्त किया समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का दिया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सुबह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना और मंदिर से गंगा के घाट तक चौड़े रास्ते का शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस नये मार्ग के निर्माण में हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी मानकों और नीतियों का ध्यान रखा गया है ये काशी विश्वनाथ महादेव करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थान है लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है उस आस्था को बल मिलेगा हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो व्यवस्था कैसे हो उसका एक मॉडल तैयार होगा पुरातत्वीय चीजों को बचाये रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आध्यनिकता कैसे लाई जा सकती है इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सत्तर सालों में किसी ने भी इस विश्वविख्यात मंदिर के आसपास अवैध कब्जे को हटाने का प्रयास नहीं किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग दो सौ चालिस वर्षो के बाद इस मार्ग का विस्तार किया जा रहा है इस पूरे परिसर को अब काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जायेगा

इसके सौंदर्यीकरण के बाद काशी में पर्यटन उद्योग को भी एक नई गति मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि यह कॉरिडोर मॉडल अन्य मंदिरों के लिए आध्निक सुविधाओं सुरक्षा और संरक्षा का मॉडल बनेगा मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के इस वायदे को दोहराया कि दो हजार बाईस तक देश में हर व्यक्ति के पास अपना मकान होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान उपलब्ध कराया जाएगा कल कानपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में इस योजना के तहत एक करोड़ पचास लाख से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है हाल ही में कश्मीरियों पर हुए हमलों की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें देश में एकता सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि कुछ शरारती तत्व कश्मीरी भाईयों पर हमला कर रहे हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश कुछ लोग सेनाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे है पाकिस्तान आतंकवाद में रंगे हाथों पकड़ा गया है सारी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव कर रही है ऐसे समय हमारे ही देश में से कुछ लोगों के बयान पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं क्या उनका ऐसा करना शोभा देता है नमामि गंगे मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने गंगा सफाई परियोजनाओं का पैसा लूट लिया उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत दो सौ पवहत्तर से अधिक परियोजनाएं चल रही है जिनमें से आधी केवल उत्तर प्रदेश में है

सौभाग्य योजना के तहत अब तक यूपी में करीब करीब पौने करोड़ ज्यादा लोगों को बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है अगर मैं सिर्फ हमारे इस कानपूर क्षेत्र की बात करुं डेढ़ लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देकर लोगों के जीवन से अंघेरा मिटा दिया गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से कानपुर को बहुत लाभ होगा कानपुर के ट्रैफिक को मेट्रो रेल परियोजना की मदद से काफी आसान बनाया जायेगा श्री मोदी ने कानपुर के उद्योगों को बढ़ावा देने की परियोजनाओं का भी शुभारम्भ किया इसके अलावा उन्होंने आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिये भी आधारशिला रखी इस परियोजना को पांच साल में पूरा किया जायेगा इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तेईस किलोमीटर लम्बी और इक्कीस स्टेशनों वाली लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शुमारम्म किया श्री मोदी ने चौघरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्टेशन से लखनऊ मेट्रो को वीडियों लिंक के जरिये हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने कल ही गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया उन्होंने दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के दिलशाद गार्डन शहीद स्थल खंड का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली आरआरटीएसकी आधारशिला भी रखी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली से देश में शहरी बुनियादी ढांचे को नया आयाम मिलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार दो हजार अट्ठारह प्रदान किए ये पुरस्कार इकतालिस महिलाओं और तीन संस्थाओं को दिये गये हैं सम्मान पाने वालों में तेजाब हमले की पीडिता प्रज्ञा प्रसून रानी मिस्त्री सुनीता देवी मरीन पायलट रेश्मा नीलोफर नाहा कमांडर प्रशिक्षक डॉ सीमा रॉव आध्यात्मिक वक्ता व्रह्म कुमारी शिवानी और वन्य जीव संरक्षक सोनिया जब्बार शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हो वे कल वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाएं रक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं विश्व महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिजली के चाक सोलर चरखा और मध्यमक्खियों के बक्से वितरित किए

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी महिलाओं को बधाई दी है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्ममूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सहमति के लिए मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया है तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांच् न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मध्यस्थता प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता पैनल चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करेगा और समूची प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी हो जानी चाहिए